दो सौ निन्यानबें सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया जबकि बयासी सदस्य इसके विरोध में थे इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के शोर शराबे के बीच विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया इस विधेयक का उद्देश्य कुछ खास श्रेणियों के अवैध आप्रवासियों को मौजूदा कानून के प्रावधानों से छूटे देने के लिए अधिनियम में बदलाव करना है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 कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस और डीएमके पार्टी के सदस्यों ने सदन में विधेयक पेश किये जाने का विरोध किया कांग्रेस सदस्य अधीर रंजन चौधरी का कहना था कि यह प्रतिगामी विधेयक है और संविधान के अनुच्छेद चौदह का उल्लंघन करता है

तृणमूल कांग्रेस के प्रोफेसर सौगत राय ने भी विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया संसद भवन के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पूर्वोत्तर राज्यों सहित समूचे देश के हित में है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इसे दोनों सदनों की मंजूरी मिल जायेगी ईस्ट कामेंग उपायुक्त गौरव सिंह राजवत ने सेप्पा स्थित केस्सा बागांग गांव के पुनर्वास के लिए शनिवार को आधार शिला रखी गांव के पुनर्वास का उद्देश्य यहाँ वहाँ बसे लोगों को एक क्षेत्र में इकट्टा कर उन्हें बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना है कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जिला उपायुक्त ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए गांव वालों से क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को टैप करने को कहा

जे एन कॉलेज पासीघाट से शुरुआत करते हुए पांच किलोमीटर के दायरे तक एन सी सी कैडेट्स ने सार्वजनिक जगहों से तीस किलों प्लास्टिक्स और कचरे इकट्टे किए इस इवेंट में एन सी सी अधिकारी व पासीघाट एन सी सी के कर्मचारियों ने भी भाग लिया गौरतलब है कि इस इकाई के एन सी सी कैडेट्स ने मेबो आलो यिंगक्योंग रुमगोंग और बिलाट में भी प्लोगिंग आयोजित की मेघालय में शनिवार को क्राईस्ट स्कूल इंटरनेशनल ने सामाजिक कार्य क्षेणों में जोबांग मोदी को नोर्थ ईस्ट इंडिया अवार्ड से नवाजा गौरतलब है कि श्री जोबांग मोदी पासीघाट में अरुणाचल चेरिटी होम चलाते है और उनके इन्हीं चेरिटी होम एसोसियेशन की पहल के लिए उन्हें इस उपाधी से नवाजा गया चेरिटी होम एशोसियेशन पासीघाट से डिब्रगड़ तक मरिजों को डेली बेसिस पर वाहन मुहैया कराते है

आकाशवानी ईटानगर के क्षेत्रीय समाचार इकाई में कैजुल असाइनमेंट के आधार पर न्यूज एडिटर इंग्लिश न्यूज रीडर इंग्लिश और न्यूज रीडर कम ट्रांस्लेटर हिंदी की नौकरी के लिए राजधानी क्षेत्र ईटानगर में रहने वाले भारतीय मूल के इच्छूक उम्मीदवारों से निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन आमंत्रित किए जाते है

आज का अधिकतम तापमान सत्ताईस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान दस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया